मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज सोलन नगर निगम के अनेक स्थानों पर चुनावी सभाओं को संर्बोधित किया उन्होंने चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ् सोलन शहर का विकास भाजपा की प्राथमिकता है और लोगों की मांग को देखते हुए ही इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया है उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों पर अगले पांच साल तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया कांग्रेस इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने आज मंडी में चुनाव प्रचार किया कांग्रेस पार्टी ने आज मंडी शहर में रोड शो निकाला और पॉर्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर नगर निगम चुनावों में सरकारी मशीनरी के द्रूपयोग का आरोप लगाया कलदीप राठौर ने कहा कि सरकार के खिलाफ चनाव आयोग को शिकायत की गई है उन्होंने दावा किया कि प्रचार के मामले में कांग्रेस पार्टी भाजपा से कहीं आगे हैं और सभी नगर निगमों में कांग्रेस की जीत होगी अंतिम संस्कार पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन लाल का आज चंबा जिले में उनके पैतृक गांव सरोल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी मोहन लाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया

मोहन लाल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और पिछले कल जालंधर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस दौरान सभी शिक्षक व गैर शिक्षण कर्मचारी नियमित रूप से संस्थानों में आना जारी रखेंगे जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वे अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आ सकते हैं इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सभी कोचिंग सेंटर और नर्सिंग चिकित्सा व दंत महाविद्यालय खुले रहेंगें अनिल शर्मा मंडी के विघायक अनिल शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जिले में केवल सराज व धर्मपूर क्षेत्र में ही विकास कार्य करवा रही है मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें लगातार नजरअंदाज करती आ रही हैं और ऐसे में भाजपा उनसे नगर निगम चुनाव में प्रचार की उम्मीद कैसे कर रही हैं अनिल शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनावों में उनके परिवार के राजनैतिक भविष्य का फैसला करेंगे

कोविड को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था जिन छात्रों केपाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे

मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई हैं जिसके चलते अगले तीन चार दिन अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा के आसार है